विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह सजग

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ हफ्तों में भारत के पास कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा वे आज कोरोना महामारी के संबंध में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है उन्होंने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों की सलाह से तय किया जाएगा और आम लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षो में सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गो का समान विकास सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भी प्रभावित हुआ है लेकिन सरकार ने विकास की गति को जारी रखने के लिए कई कदम उठाए हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने योजनाओं के श्भारंभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया सांसद किशन कपूर भी वर्चअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए एम्बुलेंस शिमला शहर में कोरोना जांच के लिए एक मोबाईल एम्बुलेंस को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रवाना किया उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांगजन जो जांच के लिए अस्पताल आने में असमर्थ है उनकी सुविधा के लिए ये एम्बुलेंस शुरू की गई है भारद्वाज ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए सजग है और समय समय पर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं हाईकोर्ट कोविड प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते हिमाचल सरकार को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं न्यायालय ने सरकार को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना टैस्ट अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा आयोजित रविन्द्र नाथ टैगोर मैमोरियल व्याख्यान की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि रविन्द्र नाथ टैगोर न केवल भारतीय लेखकों कवियों और विचारकों के मार्गदर्शक थे बल्कि एक द्रदर्शी व्यक्ति भी थे राज्यपाल ने कहा कि रविन्द्र नाथ टैगोर ने उच्च नैतिक मानकों सभ्यता विकास और दार्शनिक मानवतावाद की अग्रणी भावना का उदाहरण पेश किया है मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति के उदयपुर में आज वर्चुअल माध्यम से आईटीआई छात्रावास की आधारशिला रखी उन्होंने उदयपुर में वन विश्राम गृह और सिस्सु में लोकनिर्माण भवन का भी लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि उदयपुर आईटीआई में तीन नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे

शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता संकमण से लोगों की जान बचाना है और विपक्ष को सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का स्वागत करना चाहिए गोविंद ठाक्र ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं जमीनी स्तर पर महामारी से उत्पन्न स्थिति की निगरानी कर रहे हैं परमार राजेन्द्र गर्ग विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह सजग है

परमार ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार महामारी को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है इधर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने बिलासपुर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लेने के निर्देश दिए

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करने के बजाए कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को संभालने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता नकारात्मक टिप्पणियां कर कोरोना और सरकार को लेकर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है जबकि कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल से भी नीचे का राजनीतिक दल बन कर रह गया है त्रिलोक कपूर प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक कप्र ने कहा है कि राज्य सरकार पर आधारहीन आरोप लगाकर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मीडिया की सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे हैं पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन और मुददाविहीन हो गई है और कोरोना काल में भी राजनीति करने से पीछे नहीं है त्रिलोक कपूर ने कहा कि विधानसभा सत्र स्थगित करने के मुददे पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है

कोविड सेंटर कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते मण्डी जिले में सुंदरनगर का बीबीएमबी अस्पताल डेडिकेटिड कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा

आगामी सोमवार से शुरू होने वाले इस कोविड सेंटर के लिए स्टाफ को पूरी तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है उपायुक्त ने बताया कि जिले में जांच की संख्या को बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है आवेदन राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में सामाजिक समारोहों के ऑनलाईन आवेदन के लिए वैब पोर्टल शुरू किया है लोग कोविड डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं पंजीकरण के लिए आयोजन से संबंधित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है

नाहन में आज अभियान की समीक्षा बैठक में उपायुक्त आरकेपरूथी ने जानकारी दी प्रैस क्लब कोरोना संकमण से बचाव के संबंध में शिमला प्रैस क्लब में आज मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया